प्रक्षेपास्त्र के जरिए पृथ्यी की निचली कक्षा में एक उपग्रह को मार गिराया गया इसके साथ ही भारत उस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है जिसमें अमेरिका रूस और चीन थे भारत की इस महत्वपूर्ण उपलक्षि की घोषणा राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन शक्ति एक बहत कठिन अभियान था जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया

यह सफलता भारत के वैज्ञानिकों के असाधारण कौशल और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता का परिचायक है प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति को एक असाधारण उपलब्धि बताते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई दी उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य भारत की समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है सीएम रानीखेत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा देश में तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा हो रहे हैं और सबका एक मिशन है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देने का उन्होंने कहा कि सारे विपक्ष का एक सूत्रीय कार्यक्रम है उनके पास विकास का कोई एजेण्डा नहीं है आज रानीखेत में आयोजित चुनावी जनसभा में उन्होंने भाजपा प्रत्याक्षी अजय टम्टा के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनहरे भारत का सपना देखा है

साथ ही सालाना बहत्तर हजार रूपये निम्न आय वाले हर गरीब परिवार को दिये जायेंगे देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तराखण्ड आगमन पर विरोधात्मक रूप से मुख्य मुद्दे मैं भी बेरोजगार पर अपनी बात रखी श्री नेगी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था जिसे वो निभा नहीं सकी उन्होंने राज्य सरकार को पूरी तरह र्से विफल बताया प्रेस वार्ता भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नरेश बंसल ने आज पदभार ग्रहण किया कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री बंसल ने कहा कि प्रदेश के लिए जल्द ही चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की जाएगी उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत को इस समिति के संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है श्री बंसल ने कहा कि कल रूद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रैली होगी पार्टी का चुनाव अभियान तेजी से चल रहा है

कांग्रेस कांग्रेस ने राज्य की पांचों लोकसभा सीट पर जीत करने के लिए व्यापक रणनीति बनाई है इस संबंध में पार्टी ने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में अलग से वॉररूम और कंट्रोल रूम बनाए हैं पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि कांग्रेस पांचों लोकसभा सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं पार्टी के आईटी सेल को भी खासतौर से मुस्तैद किया गया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी महिला सुरक्षा पलायन भ्रष्टाचार और किसानों को मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है

दल के देहरादून जिला अध्यक्ष विजय कुमार बौड़ाई का कहना है कि नैनीताल में तकनीकी वजहों से पर्चा निरस्त होने के कारण वहां प्रत्याशी नहीं उतारा जा सका है श्री बौड़ाई ने कहा कि यूकेडी पलायन बेरोजगारी और शिक्षा की बदहाली जैसे मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी है तैयारी जायजा बागेश्वर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक ने बागेश्वर जिले में चुनाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरू ने प्रेक्षक को बताया कि जिले के तीन सौ सत्तर पोलिंग बूथों के लिए चार जोनल और अड़सठ सैक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जा चुके हैं पोलिंग पार्टियों के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी के साथ साथ सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रथम चरण का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के संबन्ध में भी पोलिंग ब्रथवार डाटा तैयार कर लिया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेक्षक को जानकारी देते हुए बताया कि स्वीप के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही है उन्होंने बताया कि इलैक्ट्रॉनिक प्रिन्ट और सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए एम सी एम सी का गठन किया जा चुका है जिसमें नियुक्त कार्मिक लगातार निगरानी बनाये हुए हैं

इनमें से तिरेपन बूथों की वेबकास्टिंग की जानी हैं उप निर्वाचन अधिकारी मास्टर ट्रेनर और अपर सूचना विज्ञान अधिकरी ने वेब ऑपरेटर तकनीकि सुपरवाईजर और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को वेबकास्टिंग का प्रशिक्षण दिया इस दौरान यह बताया गया कि वेब कास्टिंग पर सीधी निर्वाचन आयोग की नजर होती है वेब ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे की मॉक पोल मतदाता की पहचान करने के साथ ही बूथ के अंदर अन्य गतिविधियों की कास्टिंग अनिवार्य हो

गढ़वाल सीट के लिए चुनाव में छह विधानसभा क्षेत्रों में आठ सौ मतदान केन्द्रों में अब नौ सौ मतदान बूथ स्थापित किये गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल ने बताया कि जिले को एक सौं सोलह सेक्टर और बत्तीस जोन में बांटा गया है जिले में इकतालीस मतदान केन्द्र क्रिटिकल पाये गये हैं चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबन्द कर दी गयी है

जल्द ही पानी और बिजली की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाएगी

बैठक में प्रेक्षक ने मतदान के दौरान दिव्यांग और ब्जूर्ग मतदाताओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं मतदाता जागरूकता बागेश्वर जिले में शत प्रतिशत मतदान का लक्ष्य हासिल करने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरू ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया उन्होंने बताया कि मतदाताओं को मतदान के महत्व की जानकारी देने और प्रेरित करने के लिए मतदाता रथ के जरिए जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा उधर अल्मोड़ा जिले में भी स्वीप कार्यक्रम मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विशेष कैम्प का आयोजन किया गया